्राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लगाई जॉनसन एण्ड जॉनसन कम्पनी के बेबी शैम्पू और टेलकम पाउडर की बिक्री पर रोक ्र आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हराया

इस चरण में टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ राजसमंद भीलवाडा बांसवाडा डूंगरपुर कोटा तथा झालावाड बारां संसदीय क्षेत्रों में मतदान किया जायेगा

प्रशासन ने शान्तिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं अधिकांश जगह पर मतदान दल कल ही रवाना हो चुके हैं

चुनाव को लेकर राजस्थान पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में रहेंगे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड जवान तैनात रहेगा अन्तर्राज्यीय सीमा पर नजर रखने के लिए पडोसी राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त जांच की व्यवस्था की गई है

इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों तथा निदर्लीय प्रत्याषियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और अपने बेटे वैभव गहलोत के समर्थन में कई स्थानों पर जनसभाएं कीं इस दौरान घनश्याम तिवाड़ी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे

राहुल गांधी कल दोपहर सरदारशहर पहंचेंगे जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा सरदारशहर में दो मई को होगी

राजस्थान में इसके शैम्पू और पाउडर में एस्बेस्टस और कैंसरकारी तत्व मिले हैं आयोग ने राजस्थान सहित कई राज्यों से इन उत्पादों के नमूने बाजार से लेने और कार्रवाई रिपोर्ट भेजने को भी कहा है गौरतलब है कि ये कम्पनी दोषपूर्ण हिप इम्प्लांट के मामले में भी घिरी हुई है

इसी के साथ राजस्थान की प्लेऑफ खेलने की उम्मीदें कायम हैं

कल खेले गये मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया